केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी जल संरक्षण संबंधी दिशा निर्देशों में कहा कि यह प्रकोप्ठ निकाले गए भू जल की मात्रा और उसके पुनर्भरण की निगरानी करेगा इस महीने की पहली तारीख को शुरू हुए जल शक्ति अभियान के प्रथम चरण के तौर पर यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह अभियान इस वर्ष पन्द्रह सितम्बर तक चलेगा मंत्रालय ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सरकारी इमारतों में वर्षा जल संचयन की संरचना बनाई जाए अगर ऐसा नहीं है तो विशेष योजना के तहत उसका निर्माण किया जाना चाहिए ग्रुप आवासीय सोसायटी और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए इसमें यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भविष्य में भवन निर्माण के नियमों के अनुसार वर्षा जल संचयन प्रणाली की सुविधा मौजूद होने के बाद ही भवन निर्माण की इजाजत दी जाए साथ ही अधिवासी और पूर्णता पत्र देने से पहले इसकी जांच भी की जाए दिवाकर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सौरम अग्रवाल हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्षा जल के संरक्षण पर जोर दिया था उन्होंने कहा था कि इसे जन आंदोलन बनाने की जरूरत है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भूमि सौदों हस्तांतरण और पंजीकरण को मुकदमेबाजी से मुक्त रखने के लिए व्यापक और आदर्श कानून बनाने का आह्वान किया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही वेंकैया नायडू ने भूमि रिकॉर्ड के डिजिटीकरण का भी आह्वान किया है ताकि हर लेन देन बिना किसी बाधा के हो सके उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि केन्द्र और राज्य सरकारों को भूमि से संबंधित मुद्दों पर व्यापक कानून बनाने के लिए एकसाथ मिलकर टीम इंडिया की भावना से काम करना चाहिए यह देखते हए कि भारत की लगभग पचास प्रतिशत आबादी के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत भूमि है वेंकैया नायड् ने भूमि स्वामित्व पर कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज की आवश्यकता पर बल दिया उपराष्ट्रपति ने केन्द्र और राज्य सरकारों से प्रक्रियाओं को सरल और उन्हें पूरी तरह पारदर्शी बनाने की दिशा में काम करने का अनुरोध भी किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि क्शीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनकी सरकार की प्राथमिकता में है और वहां से उड़ान हर हाल में सुनिश्चित की जायेगी उन्होंने कहा कि विपक्षी दल इसको लेकर आम जन को गुमराह कर रहे हैं मुख्यमंत्री आज कुशीनगर में देवरिया कृशीनगर और महराजगंज जिलों की समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे समीक्षा बैठक की चर्चा करते हुये उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन बेहतर कार्य कर रहा है उसके कार्यों से आम आदमी को राहत मिल रही है कानून व्यवस्था के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध और अपराधियों पर एक साथ शिकंजा कसने का कार्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है केन्द्रीय बजट में उर्वरक सक्सिडी आवंटन में लगभग दस हजार करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी की गयी है सरकारी बयान में बताया गया है कि वर्ष दो हजार उन्नीस बीस में आवंटन उन्यासी हजार नौ सौ छियानवे करोड़ रुपये कर दिया गया है रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने बताया कि उर्वरक सब्सिडी में बढ़ाए गए आवंटन से किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सब्सिडी प्रदान करने की दक्षता बढेगी केन्द्र सरकार ने देश भर में वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक रूप से सुरक्षित जीवन बिताने में समर्थ बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने बुधवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि उनका मंत्रालय वृद्वावस्था में होने वाली परेशानियों को झेल रहे गरीब बुर्जुगों के लिए अप्रैल दो हजार सत्रह से राष्ट्रीय वयोश्री योजना चला रहा है प्रदेश के कई जिलों में पिछले छत्तीस घंटों के दौरान हुयी हल्की से मध्यम वर्षा के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है राजधानी लखनऊ सहित झांसी बरेली हमीरपुर इटावा कानपुर आगरा बांदा पीलीभीत कौशाम्बी सीतापुर मऊ और लखीमपुर खीरी में हल्की से मध्यम वर्षा होने की खबर है वहीं कई स्थानों पर वर्षा जनित हादसों में पन्द्रह लोगों की जान चली गयी सबसे ज्यादा दस मौते आकाशीय बिजली गिरने से हुई विवरण हमारे संवाददाता से प्रदेश में कई जगहों पर तेज वर्षा और हवाओं के चलते कच्चे मकानों के छतिग्रस्त होने और पेड़ों के टूटने से भारी नुकसान भी हुआ है खेतों को पानी मिल जाने से किसान काफी खुश हैं और कृषि कार्यो में तेजी आ गयी है विशेषकर धान की रोपाई का काम जोरो पर है मौसम विभाग ने प्रदेश के काफी स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा की संभवना जताई है साथ ही प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से मैं मुल्तान सिंह यादव